युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए किया गया विचार विमर्श केदारनाथ धाम में चल रहे पुननिर्माण कार्यों को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट और बदरीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास आवाजाही के लिए बाधित अगले तीन दिनों में क्माऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने का अनुमान सम्मेलन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया सम्मेलन में इग्स की समस्या और इससे संयुक्त रूप से लड़ने के लिए रणनीति बनाने पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा वर्तमान समय में नशे की समस्या सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय है और इसके समाधान के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जाहिर करते हुए श्री रावत ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए योजनाबद्व तरीके से काम करना होगा उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में अध्यापकों अभिभावकों और स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लेना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए व्यापक जन जागरूकता बहुत जरूरी है स्थलीय निरीक्षण केदारनाथ धाम में चल रहे पुननिर्माण कार्यों को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने आज गौरीकृण्ड से केदारनाथ धाम तक के मार्ग का पैदल निरीक्षण करते हुए ये निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अग्ले महीने केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान है धाम में आने वाले श्रद्वालुओं को अच्छी सुविधांए मिल सकें इसके लिए उन्होंने केदारनाथ धाम में पुर्ननिर्माण कार्यो में जुटी संस्थाओं को सभी काम गुणवत्ता के साथ करने को कहा सीतापुर पार्किंग के निरीक्षण के दौरान पर्यटन सचिव ने पार्किंग स्थल को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए संगोष्ठी उत्तराखंड में औद्योगिक विकास और कृषि विकास की संभावनाओं को लेकर देहरादून में विश्व संवाद केन्द्र की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर नौटियाल ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में पहाड़ों में रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी जरूरत है इस मौके पर पूर्व मुख्य वन संरक्षक डॉ आरबीएस रावत ने कहा कि लोगों को खेती छोड़ना पलायन का एक मुख्य कारण है उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों के हित के लिए कई योजनाए लागू की हैं जिसका फायदा किसान उठा सकते हैं संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि कृषि करने के तरीकों में बदलाव कर आय बढ़ाई जा सकती है संगोष्ठी में किसानों को जड़ी बूटी की खेती से जोड़ने पर भी जोर दिया गया जनता दरबार अल्मोड़ा जिले में आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित जनता दरबार में उपस्थित नहीं रहने वाले अधिकारियों के वेतन को रोकने के निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने निर्देश दिए कि जनता दरबार में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को हर साल सदभावना दिवस के रूप में मनाया जाता है संचिवालय में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की उपस्थिति में सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली कि वे जाति सम्प्रदाय क्षेत्र धर्म और भाषा का भेदभाव किए बिना सभी देश की एकता और सद्भावना के लिए काम करेंगे मौसम मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य में कहीं कहीं विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है

विभाग ने इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है इस बीच आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है राजधानी देहरादून के अधिकांश हिस्सों में आज पूर्वाह्न में मध्यम से तेज बारिश हुई

यह योजना सरकार के सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा के विजन को देखते हुए लाई गई है जिसका लक्ष्य प्री नर्सरी से लेकर बारहवीं तक सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत पौड़ी जिले के द्गड़डा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुखरौ में बच्चों के सपनों को पंख मिल रहे हैं स्कूल के विद्यार्थी बताते हैं कि उनको गणित हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू भी सिखायी जाती है उनको स्कूल में अच्छा लगता है

विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि एकीकृत शिक्षा योजना के तहत बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर उन्हें टीचिंग लर्निंग मटिरीयल की सहायता से शिक्षा दी जाती है इस विधि से बच्चे बहत जल्दी समझते और सीखते हैं साथ ही बच्चों को खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है

प्रशासन इस सड़क मार्ग को खोलने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते मार्ग को खोला नहीं जा सका है इस स्थान पर मलबा हटाने वाली मशीनें लगाई हैं साथ ही एसडीआरएफ पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें भी इस स्थान पर मौजूद हैं उधर चमोली जिले में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बंद है आज सुबह इस मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया लेकिन कुछ ही समय में दोबारा हुए भूस्खलन से ये रास्ता बंद हो गया मार्ग को खोलने के लिए युद्वस्तर पर काम किया जा रहा है और जल्द ही रास्ते के खुलने की संभावना है

इस पर्व पर महिलाएं खासतौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं सातू आठू पर्व भाद्रपद महीने की पंचमी से शुरू होता है इस पर्व की धूम अब चरम पर है महिलाओं ने आज टोकरियों में गौरा महेश की मूर्तियों को रखकर भव्य शोभा यात्रा निकाली शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया त्यौहार के दिन महिलाएं अग्निपाख व्रत रखती हैं